महिलाओं से दृष्कर्म पर कम से कम सात साल की सजा को बढाकर दस साल कर दिया गया है इस सजा को उम्र कैद तक भी बढाया जा सकता है

दृष्कर्म के मामले की जांच और ट्रायल निपटाने के लिये भी दो दो महीने की समय सीमा तय की गई है इधर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि केन्द्र सरकार जल्दी ही ऐसा विधेयक लाने वाली है जिसमें भीड की हिंसा मॉब लिंचिंग मामले में दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान होगा केन्द्र सरकार ने अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों के निर्माण में निजी क्षेत्र को बढावा देने के उद्देश्य से लाये गये सामरिक भागीदारी मॉडल को लागू करने संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कल रक्षा खरीद परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गयी इससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तो बढेगी ही सशस्त्र सेनाओं को समय पर हथियारों की आपूर्ति भी की जा सकेगी सामरिक भागीदारी माडल के तहत सभी खरीद के लिए विशेष रूप से गठित अधिकार प्राप्त समिति की मंजूरी लेनी होगी बाडमेर में पश्चिम सरहद पर तारबंदी के उपरांत पहली बार आज पाकिस्तान से भारतीय महिला रेशमा का शव मुनाबाव से बाडमेर आयेगा पाकिस्तान के प्रवास के दौरान इस महिला की सात दिन पहले मृत्य हो गई थी उच्च स्तरीय निर्देशों के बाद आज मुनाबाव स्थित गेट खोला जायेगा गौरतलब है कि आम तौर पर इस गेट को भारत और पाकिस्तान के बीच फ्लेग मीटिंग के दौरान ही खोला जाता है बीकानेर के गंगा शहर थाना क्षेत्र में जोधपुर रोड पर आज सुबह तेल से भरे टैंकर और जीप की आमने सामने की टक्कर में जीप में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई पुलिस ने बताया कि ये लोग नागौर के रोहिसडा गांव के थे और एक मरीज को बीकानेर ला रहे थे बीकानेर में आज सुबह ही एक अन्य हादसे में दो ट्रकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई

राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में कल दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में दो लोगो की मौत के समाचार है वहीं सवाईमाधोपुर में बांद्रा गाजीपुर ट्रेन से गिरने से एक युवक की मुत्यु हो गई मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे की चार अगस्त को मेवाड़ के प्रसिद्ध चारभुजानाथ मंदिर से शुरू होने वाली गौरव यात्रा की पहली आमसभा राजसमन्द में होगी श्रीमती राजे सबसे पहले चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन कर प्रजा अर्चना करेंगी इसके बाद जे़के स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगी मुख्यमंत्री कांकरोली स्थित द्वारकाधीश मंदिर में भी दर्शन करेंगी और बाद में नाथद्वारा के लिए रवाना हो जाएंगी यात्रा के पहले चरण में मुख्यमंत्री उदयपुर संभाग में कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगी

इन गांवों में कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा इसी कम में पंचायत समिति आमेर और जालसू में कार्यशाला आयोजित की गई कार्यशाला में समी सम्बन्धित विभागों पंचायत प्रतिनिधियों सरपंचो और ग्राम विकास अधिकारियों को गांवों के विकास कार्यों से अवगत कराया गया इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन ने दूरभाष के माध्यम से कार्यशाला की जानकारी ली

जिला प्रशासन ने इस घटना की जांच अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन को सौंपी है